शिमला में आज भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आयोजित ग्राहक सम्पर्क पहल कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था के सुदृढीकरण में बैंकिंग सैक्टर बेहतर कार्य कर रहा है

अनुराग ठाकुर ने बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व के अन्य देशों की तुलना में सबसे अच्छी है इस लोन मेले के दौरान हज़ारों लोगों को करोड़ों रूपये का लोन दिया गया मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि मेले व त्यौहार प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में अहम भूमिका निभाते हैं वे आज मंडी के ऐतिहासिक सेरी मंच में आयोजित छोटी काशी महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे जयराम ठाकुर ने कहा कि इस आयोजन से मंडी शहर की समृद्ध संस्कृति का संरक्षण व संवर्धन करने में सहायता मिलेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि अपनी पुरातन संस्कृति रीति रिवाज़ों और मान्यताओं को संजोकर रखने वाला समाज ही उन्नति करता है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मंडी शहर को आकर्षक पर्यटक स्थल बनाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर भाषा कला व संस्कृति विभाग द्वारा प्रकाशित मंडी के छोटी काशी मंदिर पर आधारित आज पुरानी राहों से और हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट पुस्तिकाओं का विमोचन भी किया सांसद राम स्वरूप शर्मा सहित विधायक अनिल शर्मा जवाहर ठाकुर विनोद कुमार राकेश जमवाल और इंद्र सिंह गांधी भी इस मौके मौजूद रहे तीन दिवसीय इस महोत्सव के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे राज्यपाल देश के लिए नई शिक्षा नीति को लेकर आज नई दिल्ली में राज्यपालों के उप समूह की एक बैठक आयोजित की गई उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भी भाग लिया इस दौरान नई शिक्षा नीति पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया इस बीच राज्यपाल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी शिष्टाचार भेंट की

उन्होंने सभी से सिंगल यूज़ प्लास्टिक मुक्त भारत की प्रधानमंत्री की संकल्पना में सहयोग का आह्वान भी किया जायका परियोजना वन मंत्री गोबिंद ठाकुर ने आज शिमला के समीप पॉटर्सहिल में जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एंजेसी से सहायता प्राप्त हिमाचल प्रदेश वन पारिरिश्थितिकी तंत्र प्रबंधन व आजिविका सुधार परियोजना का उद्घाटन किया

उन्होंने कहा कि इस परियोजना का मुख्य उद्ेश्य पर्यावरण संरक्षण और वन पारिस्थितिकी प्रणालियों का प्रबंधन व संवर्धन करना है इस अवसर पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने वनों को बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया सुखराम पूर्व केन्द्रीय मंत्री पंडित सुखराम ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से पार्टी की मज़बूती के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया है शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में आज एक बैठक में उन्होंने कहा कि धर्मशाला और पच्छाद में होने वाले उपचुनाव में पार्टी जीत हासिल करेगी पंडित सुखराम ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर की सराहना करते हुए कहा कि वे अपनी ज़िम्मेदारी को सादगी व निष्ठा से निभा रहे हैं इस बीच कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए आज से अपना वॉर रूम भी शुरू कर दिया है बॉक्सिंग सोलन जिले के बद्दी में आज से सात दिवसीय राष्ट्रीय पुरूष मुक्केबाजी प्रतियोगिता शुरू हुई केंद्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रतियोगिता का शुभारम्भ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया लक्ष्य को हासिल करने के लिए खिलाड़ियों को प्रेरित करने की आवश्यकता है उन्होंने युवाओं से नए भारत के निर्माण में अपना पूर्ण सहयोग देने और नशे से दूर रहने का आहवान भी किया

सड़क लाहौल स्पिति ज़िले के स्पिति उपमंडल के लोगों ने मुद भावानगर सड़क का निर्माण कार्य जल्द शुरू करवाने की सरकार से मांग की है स्थानीय लोगों का कहना है कि घाटी को जोड़ने वाली ग्राम्फू सुमदों सड़क की खस्ता हालत और सुमदों रामपुर मार्ग के मलिंग नाले के पास बार बार अवरूद्व होने से आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है

जनजातीय ज़िले लाहौल स्पिति और किन्नौर की ऊंची चोटियों पर सुबह से ही हल्की बर्फबारी हो रही है वर्षा व हिमपात से किसानों बागवानों की फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है

विनायक राणा के पिता संजीव राणा ने इस उपलब्धि को स्कूल व परिजनों के लिए गर्व की बात बताया है